बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति होगी अनिवार्य प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली

बीस सितम्बर को रिकॉर्ड एक लाख चौरानवे हजार सैम्पल की हुई जांच

राज्य सरकार ने अट्ठाईस सितम्बर से नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है केन्द्र सरकार के अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर दिन एक तिहाई बच्चे ही स्कूल बुलाये जायेंगे एक बच्चा सप्ताह में दो दिन से अधिक स्कूल नहीं आयेगा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी इसके साथ ही बच्चों के स्कूल आने जाने की व्यवस्था भी अभिभावकों को ही करनी होगी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है वहीं प्रतिदिन पचास प्रतिशत शिक्षक ही स्कूल पहुंचेंगे प्रार्थना सत्र खेलकूद और प्रायोगिक कक्षाओं सहित अन्य गतिविधियां नहीं होंगी कैफेटेरिया और मेस नहीं खुलेंगे स्कूल खुलने के बावजूद भी ऑनलाईन पठन पाठन पूर्व की तरह जारी रहेगा कंटेनमेंट जोन वाले विद्यालय बंद रहेंगे स्कुल प्रबंधन को कोविड उन्नीस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा मास्क पहनना थर्मल स्क्रीनिंग और सुरक्षित दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा वहीं आदेश में कहा गया है कि कोचिंग और इस प्रकार के अन्य संस्थान अभी बंद रहेंगे राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है राज्य सरकार ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुये इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक सह महासमादेष्टा एस के सिंघल को राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है भारतीय पूलिस सेवा के उन्नीस सौ सतासी बैच के अधिकारी गुप्तेश्वर पांडेय अगले साल फरवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे फिट इंडिया अभियान की पहली जयंती के सिलसिले में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिटइंडिया डायलॉग के दौरान नागरिकों और लोगों को चूस्त द्रूस्त रहने के लिए प्रेरित करने वालों से संवाद करेंगे इस ऑनलाइन बातचीत में भाग लेने वाले लोग फिटनेस संबंधी अपने अनुभवों को दूसरे प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे और फिटनेस के बारे में प्रधानमंत्री के विचारों से भी प्रेरणा लेंगे लोग कल दोपहर साढ़े ग्यारह बजे एन आई सी की वेबसाइट पीएम इंडिया वेबकास्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर क्लिक करके फिट इंडिया डायलॉग में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों के बारे में दूष्प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री तोमर ने लोकसभा में कहा कि इन विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य या सरकारी खरीद की प्रक्रिया और कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रबी की छह फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी उपज की खरीद करने को वचनबद्ध है कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भूगतान के हिस्से के रूप में किसानों को लगभग सात लाख करोड़ रूपये का भूगतान किया है जो यूपीए सरकार के दौर में दो हजार नौ से दो हजार चौदह तक भूगतान की गई राशि का लगभग दोगूना है कृषि मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य में बढोतरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चूनाव के दौरान पेड न्यूज और विज्ञापन पर नजर रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है किसी भी उम्मीदवार को राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व इस सेल से प्रमाणीकरण कराना होगा यह सेल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की खबरों और विज्ञापन पर नजर रखेगी साथ ही पेड न्यूज का पता चलते ही प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी करेगी विधानसभा चूनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चूनाव खर्च के लिए एक नया बैंक खाता खोलना होगा चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नामांकन के समय इस खाते की जानकारी देनी होगी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इसी बैंक खाते से प्रत्याशियों को खर्च करने की अनुमति होगी बिहार देश में एक दिन में कोविड उन्नीस के सबसे अधिक नमूनों की जांच करने वाला राज्य बन गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीस सितम्बर को रिकॉर्ड एक लाख चौरानवे हजार सैम्पल की जांच की गयी इससे पूर्व उन्नीस सितम्बर को सबसे अधिक एक लाख छिहत्तर हजार पांच सौ ग्यारह नमूनों की जांच की गयी थी अब तक राज्य में कुल साठ लाख अड़सठ हजार कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है इधर राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख संतावन हजार छप्पन कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से आठ सौ तिहत्तर लोगों की मौत हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या तेरह हजार पांच सौ पैंतीस है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए लोगों से सरकार और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गये उपायों पर अमल करने को कहा है बाइट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें राज्य सरकार कोविड उन्नीस से स्वस्थ हो चुके लोगों में एंटी बॉडी के निर्माण को लेकर विशेष सर्वेक्षण करवायेगी यह सर्वेक्षण आईसीएमआर के सीरो सर्वे से अलग होगा स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सर्वे में सभी जिलों को शामिल करने की योजना है मौसम विभाग ने आज से सत्ताईस सितम्बर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी के कारण बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि देर रात से ही राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुये आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है साथ ही लोगों से बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने और खेतों में काम नहीं करने की अपील की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सत्ताईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं इसके अलावा टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल कर एस एम एस से प्राप्त लिंक के माध्यम भी सुझाव दिये जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें वैभव लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को चार लाख रूपये तक का ऋण दिये जाने का दावा किया जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पीबाईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है पीआईबी ने कहा है कि सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है वहीं पीआईबी ने उस खबर का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए ग्यारह हजार रूपये प्रदान कर रही है प्रदेश में जन वितरण प्रणाली और मध्याहन भोजन योजना का सामाजिक अंकेक्षण होगा इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है सर्वेक्षण जीविका दीदियों के माध्यम से करवाया जायेगा और इसमें योजना के लाभार्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर जवाब लिये जायेंगे लाभार्थियों से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी और इसे संबंधित विभागों को भेजा जायेगा पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान ने गैंडा की संख्या के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है वर्तमान में जैविक उद्यान में तेरह गैंडे हैं जो विश्व के किसी अन्य जू से अधिक है पटना के बाद अमरिका के सेंट डियागो में बारह गैंडे हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने इकतीसवीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा सात अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित की जायेगी भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चकदरिया गांव में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मौके से निर्मित अर्द्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गए हैं अररिया सुपौल सारण और दरभंगा जिले में पुलिस ने अभियान चला कर भारी मात्रा में शराब के साथ उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में तीन लागों की मौत हो गयी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 हिन्दुस्तान ने लिखा है पटना मेट्रो का निर्माण शुरू तीन साल में दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन दैनिक भास्कर की सुर्खी है राज्यसभा में तीसरे कृषि सुधार विधेयक समेत सात बिल बिना विरोध पास दैनिक जागरण लिखता है डीजीपी ने लिया वीआरएस लड़ेंगे चुनाव प्रभात खबर ने राज्य के विश्वविद्यालय में चार हजार छह सौ अड़तीस असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति होगी अनिवार्य पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली

बीस सितम्बर को रिकॉर्ड एक लाख चौरानवे हजार सैम्पल की हुई जांच